सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

पीएम केयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से एक लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कल यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू को सात मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण के संबंध में कल कोविड प्रभारी मंत्रियों कमिश्नर कलेक्टर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक और जिले में आपदा प्रबंधन समूहों के सदस्यों से वर्चुअली चर्चा के दौरान कहा कि जनता कर्फ्यू कोई लॉकडाउन नहीं है जनता द्वारा स्वयं संक्रमण से सुरक्षा के लिए लिया गया निर्णय है

वहीं इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर और उज्जैन में नए मामले बढ़ रहे है

इससे जिलों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी

राज्य के अन्य जिलों में भी पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में अप्रैल माह में ही ऑक्सीजन की उपलब्धता पाँच गुना हो गई है श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी जिलों में मांग अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के बिस्तरों को ऑक्सीजन बेड्स में परिवर्तित करने के लिए पाइप लाइन डालने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है जन आंदोलन मस्टर्ड कर्मचारी संघ इंदौर ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिये टीका लगवाने की अपील की

श्री पटेल ने कहा कि सहायता राशि प्रदान करने में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा

श्री पटेल ने कहा कि मंडी बोर्ड और समिति सदस्यों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उपार्जन का कार्य किया है

इस दौरान टीकाकरण सत्रों की अस्पताल को छोड़कर अन्य स्थलों पर व्यवस्था टीम सदस्यों को प्रशिक्षण और अन्य तैयारियां सुनिश्चित की जायेगी सीरम कोविड कीमत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत सौ रुपये कम करके तीन सौ रुपये कर कर दी है पहले यह चार सौ रुपये में मिलती थी एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पुनावाला ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत छह सौ रुपये तय की है

दिल्ली में साढ़े तीन बजे मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा जबकि अहमदाबाद में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा यह मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा

विद्युत शवदाह गृह पर्यावरण स्वच्छता और वायु प्रदूषण कम करने की दृष्टि से उपयोगी है